उत्तराखंड और कर्नाटक राज्य आजकल अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को बना रहे हैंऔर प्रगाढ़

यह फैसला आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया

विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में आंशिक संशोधन करते हुए इसके तहत वित्त व बैंकिंग सेवा को भी शामिल करने की मंजूरी दी गई मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली में संशोधन को भी स्वीकृति दी है इससे अब पांचवीं और आठवीं कक्षा में फेल होने पर दो माह में पुनः परीक्षा का मौका मिलेगा सीएम मॉकड़िल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सचिवालय स्थित राज्य आपदा नियंत्रण केन्द्र पहुंचकर रासायनिक आपदा से बचाव संबंधी राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का जायजा लिया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए इस प्रकार की मॉकड्रिल बेहद जरूरी है समय समय पर इस प्रकार के अभ्यास से कार्यक्षमता में भी सुधार होता है इससे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत पहुंचायी जा सकती है मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह और आपदा प्रबंधन सचिव अमित नेगी भी इस आधार पर मौजूद रहे

उत्तराखण्ड की सामाजिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तौर पर दक्षिण से प्राचीनकाल से ही निकटता रही है इन सांस्कृतिक संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए इन दिनों उत्तराखंड और कर्नाटक एक दूसरे संग अपनी जानकारियों को साझा कर रहे हैं केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत हो रहे इस सांस्कृतिक आदान प्रदान की कड़ी में आइए आज आपका परिचय कराते हैं कर्नाटक की कुछ लोकप्रिय और प्रसिद्ध मिठाइयों से प्रत्येक स्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है जो वहां के सामाजिक जीवन और परंपराओं में हमेशा झलकती है कुछ स्थानों की पहचान को वहां का खानपान वहां के व्यंजन विशिष्ट बना देते हैं ऐसे में जब बात कर्नाटक राज्य की हो रही हो तो वहां के उन मिष्ठान का जिक भला कैसे न हो जो अपने स्वाद में अद्वितीय होने के साथ संबंधों में मिठास घोलते हैं

होलीगे को कनड्ड भाषा में ओबद्द भी कहा जाता है यह यहां के पारंपरिक डेसर्ट में से एक है पहले आमतोर पर गुड़ दाल का होलीगे ही बनाया जाता था लेकिन समय के साथ लोगों के स्वाद में भी बदलाव आया है अब फल सब्जियां अखरोट आदि से भी होलीगे बनाया जाने लगा है जो लोगों का खासा पसंद आता है कर्नाटक राज्य के पारंपरिक स्वाद में मैसूर पाक को भी खास जगह हासिल है दरअसल कर्नाटक की पुरानी पहचान मैसूर राज्य के नाम से थी मैसूर पाक उसी पुराने मैसूर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला एक मिष्ठान है बताया जाता है कि इसकी उत्पत्ति मैसूर के राजा ओडेयार के किचन से हई आज मैसुर पाक दुनिया भर में अपने स्वाद के कारण लोकप्रिय है कर्नाटक के प्रमुख जिलों में से एक बेलगाम को पहले कंदनगिरी के नाम से जाना जाता रहा है इसका कारण वहां का प्रसिद्ध मीठा कृन्दा है कहा जाता है कि अगर आपने एक बार इस मीठे व्यंजन कृंदा का आनंद ले लिया तो आप इसका स्वाद कभी नहीं भूल पाएंगे यह बेलगाम जिले के साथ ही बैंगलोर सहित विभिन्न शहरों में उपलब्ध होता है इसी तरह करंदटू भी कर्नाटक की लोकप्रिय मिठाई है ड्राईफूट्स के मिश्रण से इसे तैयार किया जाता है करंददू को बच्चों विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए एक पौष्टिक व्यंजन माना जाता है कर्नाटक राज्य की परंपरागत मिठाइयों में हुबली और धारवाड़ का पेड़ा भी काफी प्रसिद्ध है धारवाड़ उत्तरी कर्नाटक का प्रमुख वाणिज्यिक शहर हैं धारवाड़ की पहचान साहित्य नगरी के तौर पर भी है इसी धारवाड़ में तैयार किया जाने वाला मिश्रा पेड़ा अपने लाजवाब स्वाद के लिए जाना जाता है

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यूकाडा के निदेशक मण्डल की बैठक में यह निर्णय लिया गया अभी तक यूकाडा का पंजीकरण सोसाइटी एक्ट के तहत किया गया गया है जिससे वाणिज्यिक गतिविधियों के संचालन में कठिनाई आ रही थी इसके अतिरिक्त बैठक में एक डबल इंजन हेलीकाप्टर खरीदे जाने पर भी सहमति बनी है मुख्यमंत्री ने खरीद प्रक्रिया के लिये सभी आवश्यक तकनीकी पहलुओं का अध्ययन करने के साथ ही तकनीकी समिति का गठन करने के निर्देश दिये उन्होंने प्रदेश में हेली सेवाओं के विस्तार के लिए प्रयास करने को भी कहा नागरिक उड्डयन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि यूकाडा को कम्पनी एक्ट के तहत लाये जाने से इसकी व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा उन्होंने कहा कि इससे मौजूदा हेलीपैडों के सुदृढ़ीकरण नये हेलीपैडों के निर्माण चारधाम यात्रा के साथ पर्यटन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी और निवेश आदि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी हाईकोर्ट सुमाड़ी कैम्पस उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने श्रीनगर के सुमाड़ी एनआईटी कैम्पस को शिफ्ट करने के मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंतिम अवसर देते हुए उससे प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने को भी कहा है साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि वो कब तक एनआईटी का स्थायी कैंपस स्थापित करेंगे और कब तक छात्रों को बेसिक सुविधाएं दी जाएंगी

किसान क्रेडिट कार्ड सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए जिलाधिकारी आशीष चौहान ने रेखीय विभागों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की

जिलाधिकारी ने तहसील और जिला मुख्यालय विकास भवन में केसीसी कंट्रोल रूम स्थापित करने को कहा ताकि केसीसी कार्ड बनाने के कार्यों में तेजी लाई जा सके जिलाधिकारी ने किसानों के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों में नाम की त्रुटियों को सही करने के लिए तहसील स्तर पर शिविर लगाने के निर्देश दिये ताकि इससे किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में आ रही अड़चनों को दूर किया जा सके

डाबी डिजाइन प्रशिक्षण उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत चमोली में आयोजित एक महीने का डाबी डिजाइन प्रशिक्षण आज संपन्न हो गया इस अवसर पर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बुनकर महिलाओं को डाबी डिजायन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर प्रशस्ति पत्र दिये और बुनकरों को डाबी मशीन वितरित करते हुए नए डिजाइन के अधिक से अधिक उत्पाद तैयार करने के लिए प्रेरित किया डाबी डिजाइन मशीन से कपड़ों पर कई तरह के ज्योमेट्रिकल डिजायन आसानी से तैयार किए जाते हैं साथ ही बहुत कम समय और मेहनत से अच्छे कपड़े बनाए जाते हैं

साइबर क्राइम बागेश्वर की पुलिस अधीक्षक रचिता जुयाल ने विभिन्न संगठनों के साथ बैठक कर साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी इस दौरान कई लोगों ने सोसायटी के नाम पर लोगों से धन वसूली करने वालों पर कार्रवाई की मांग की उन्होंने लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वे किसी से भी अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के नंबर पासवर्ड पिन सीवीवी और ओटीपी शेयर न करें